छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की फूलोदेवी नेताम और केटीएस तुलसी निर्विरोध राज्यसभा सांसद निर्वाचित

अब समाचार विस्तार से कोरोना वायरस केन्द्र केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के प्रभावी प्रबंधन में राज्य सरकारों की मदद के लिए तीस अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों को तैनात किया है सचिवों की तैनाती राज्यों में की जाएगी और ये राज्यों के अधिकारियों के साथ संक्रमण से निपटने की तैयारियों और उपायों के लिए समन्वय स्थापित करेंगे यह फैसला नई दिल्ली में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में लिया गया इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि देश में कोरोना का संक्रमण अभी तक सामुदायिक स्तर पर नहीं पहुंचा है उन्होंने कहा कि भारत में इसका संक्रमण अभी तक चरण दो पर ही स्थिर है डॉक्टर भार्गव ने बताया कि अलग जगहों से लिये गये पांच सौ नमूनों में से किसी में भी कोरोना का संक्रमण नहीं पाया गया उन्होंने बताया कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की बहत्तर प्रयोगशालाओं में कोरोना जांच की व्यवस्था है कोरोना वायरस मुख्यमंत्री अपील मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों में प्रदेशवासियों से सहयोग की अपील की है मुख्यमंत्री ने कहा है कि तमाम प्रचार प्रसार और अपील के बावजूद विदेश से आए कुछ यात्री बिना स्वास्थ्य केन्द्र पर रिपोर्ट किए अपने घरों की ओर चले गए हैं यह एक गंभीर लापरवाही है इससे स्वयं उनके और परिजनों के साथ ही पड़ोसियों को भी खतरा है मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति की जानकारी जो पिछले पंद्रह दिनों के भीतर विदेश यात्रा से लौटा है और उसने स्वास्थ्य केन्द्र को रिपोर्ट नहीं किया है तत्काल टोल फ्री नंबर एक सौ चार पर दी जाए राज्य शासन ने कलेक्टरों से एक जनवरी से अब तक विदेश प्रवास से लौटे व्यक्तियों की पहचान कर उनके और उनके परिवारों का चिकित्सा परीक्षण कराने के निर्देश भी दिए हैं इस बीच रायपुर विमानतल पर कोरोना वायरस स्क्रीनिंग की पुख्ता व्यवस्था के लिए राजस्व अधिकारी के साथ ही पुलिस बल तैनात किया जाएगा विमानतल में यात्रियों से सहयोग नहीं मिलने के कारण कोरोना वायरस संक्रमितों के आइसोलेशन में आ रही परेशानियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है वहीं राज्य शासन ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को आगामी इकतीस मार्च तक अपने मुख्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं साथ ही यह भी कहा है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति अवकाश पर नहीं जा सकते हैं कोरोना छत्तीसगढ वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए रायपुर के छत्तीसगढ़ विज्ञान केन्द्र को आगामी दो अप्रैल तक लोगों के बंद कर दिया गया है इस बीच रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने जिले में संचालित सभी कोचिंग सेंटरों को इकतीस मार्च या आगामी आदेश तक के लिए बंद रखने का निर्देश दिया है उधर दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के संभावित अथवा प्रभावित मरीजों को रखने के लिए एसआर हॉस्पिटल को जिले का क्वारेंटाइन सेंटर घोषित किया गया है प्रदेश की राजधानी नवा रायपुर अटल नगर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों का निरंतर सेनेटाईजेशन किया जा रहा है इधर शासकीय एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए रायपुर के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में मंत्रियों का आम जनता से मुलाकात का कार्यक्रम इकतीस मार्च तक स्थगित कर दिया गया है भोरमदेव डोंगरगढ़ मेला कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए कबीरधाम जिले के भोरमदेव में इस बार इक्कीस से तेईस मार्च तक होने वाले विषेष धार्मिक अनुष्ठान में श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा राज्य सरकार द्वारा भोरमदेव महोत्सव के दौरान होने वाले सरकारी कार्यक्रमों को पहले ही रद्द किया जा चुका है वहीं डोंगरगढ़ में चैत्र नवरात्रि के मौके पर लगने वाले मेले सहित अन्य सभी आयोजनों को भी स्थगित कर दिया गया है पैदल यात्रा और कार सेवा पर भी रोक लगा दी गई है राजनांदगांव कलेक्टर ने मंडल रेल प्रबंधकों को पत्र भेजकर रेल्वे स्टेशनों में उद्घोषणा के माध्यम से मेला स्थगित होने की सूचना दर्शनार्थियों को देने का अनुरोध किया है इसके अलावा बिलासपुर के रतनपुर महामाया मंदिर में जसगीत भंडारा और भागवत कथा के आयोजन को स्थगित कर दिया गया है नवरात्रि के दौरान श्रद्वालुओं को मंदिर में हर दिन रात दस बजे तक ही देवी दर्शन की अनुमति दी गई है कोरोना मास्क सेनिटाईजर प्रदेश में मास्क और हैंड सेनिटाईजर की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए प्राधिकृत अधिकारी नामांकित किए गए हैं भारत सरकार के प्राईस मॉनिटरिंग पोर्टल में मास्क सेनिटाईजर के बाजार मूल्य की जानकारी दी जाएगी छत्तीसगढ़ के खाद्य सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने अधिकारियों को पत्र जारी कर बाईस अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ मास्क और सेनिटाईजर का मूल्य नियमित रूप से दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं इस बीच प्रदेश के ग्रामोद्योग विभाग ने दो सूती कपड़े से निर्मित मास्क रियायती दर पर उपलब्ध कराए हैं चिकित्सकों ने धूल प्रदूषण और संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए इस मास्क को उपयुक्त बताया है ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रूद्रकुमार ने खुद इस मास्क का परीक्षण किया उन्होंने बताया कि मास्क को डेटॉल या किसी भी एण्टीसेप्टिक द्वारा धोकर अनेक बार उपयोग में लाया जा सकता है यह मास्क रायपुर के बिलासा एम्पोरियम में बिक्री के लिए उपलब्ध है कोरोना हाईकोर्ट कोरोना वायरस के संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं इसके अनुसार अब पक्षकारों को अत्यावश्यक परिस्थिति के अलावा न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की जरूरत नहीं है वहीं जिन पक्षकारों और गवाहों को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया है उन्हें आगामी आदेश तक व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई है यदि इस दौरान कोई व्यक्ति अपने मामले में उपस्थित नहीं होता है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी इसके अलावा कैदियों को भी जरूरी मामले को छोड़कर जेल से न्यायालय नहीं लाया जाएगा राज्यसभा निर्वाचन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की फूलोदेवी नेताम और केटीएस तुलसी निर्विरोध राज्यसभा सांसद निर्वाचित हो गए हैं राज्यसभा चुनाव के लिए आज नाम वापसी की अन्तिम तिथि के बाद विधानसभा में रिटर्निंग अधिकारी ने फूलोदेवी नेताम और केटीएस तुलसी के निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किए केटीएस तुलसी की अनुपस्थिति में उनका प्रमाण पत्र नगरीय विकास मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने ग्रहण किया इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उपस्थित थे शहीद जवान अनुदान राज्य सरकार ने माओवादी हिंसा में शहीद जवानों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान राशि बढ़ाकर बीस लाख रूपए कर दी है पहले शहीद जवानों के परिजनों को तीन लाख रूपए दिए जाते थे गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं कांग्रेस कार्यकारिणी प्रदेष कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अपनी नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया कोंडागांव के रवि घोष को प्रभारी महामंत्री नियुक्त किया गया है वहीं कार्यकारिणी में दस उपाध्यक्ष और बाईस महामंत्रियों को जगह दी गई है इसके अलावा कार्यकारी समिति में सात पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया है वहीं कांग्रेस ने राज्य के अपने छत्तीस जिला संगठनों के अध्यक्षों की नियुक्तियां भी कर दी हैं इनमें से सात जिलों में महिलाओं को जिला अध्यक्ष बनाया गया है नक्सल आरोपी गिरफ्तार दंतेवाड़ा जिले में हत्या आगजनी और अपहरण जैसे कई मामलों के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है आरोपी माओवादियों के चेतना नाट्य मंडली का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की संयुक्त टीम ने इस आरोपी को किरंदुल थाना क्षेत्र के मरकामीरास के जंगलों से गिरफ्तार किया मौसम और अब पेश है मौसम का हाल मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी और मध्य क्षेत्र के कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने और ओले गिरने की चेतावनी दी है इसके अलावा कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा भी हो सकती है मौसम विभाग के अनुसार इस समय महाराष्ट्र के ऊपर चक्रवाती घेरा बना हुआ है साथ ही दक्षिण से नमीयुक्त गर्म हवा आ रही है

आयोग ने इसके लिए समय सारणी जारी कर दी है इसके अनुसार निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन अट्ठारह मई को किया जाएगा निर्वाचक नामावली के संबंध में दावा आपत्ति चौबीस अप्रैल तक दी जा सकती है जिनका निराकरण अगले दिन पच्चीस अप्रैल को किया जाएगा